कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी आज जयपूर में करेंगे सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल प्रदेशभर में तीन सभाएं

भारत ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आतंकी संगठनों और उनके सरगना पर कानूनी कार्रवाई का प्रयास जारी रखेगा जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट परिषद के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश क्मार र्न कहा कि यह आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को दर्शाने वाला सही कदम है संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने कल मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है अमरीकी विदेश विभाग ने कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश उसकी परिसंपत्तियों को जब्त करने यात्राओं को प्रतिबंधित करने और उसे हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने के प्रावधानों को लागू करेंगे ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय ने इसे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए सकारात्मक निर्णय बताया फ्रांस ने कहा कि इस निर्णय से उसके प्रयासों को सफलता मिली है

ऐसे में सभी राजनैतिक दलों सहित निदर्लीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी जोर आजमाइश कर रहे है प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने कल जयपुर के मानसरोवर में देर शाम जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा फिर जोरदार तरीके से उठाया उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि जिससे खतरा होगा उसे घ्सकर मारेंगे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आंतकी घोषित किये जाने पर श्री मोदी ने कहा कि ये बडी कूटनीतिक विजय है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नये भारत की ताकत है

श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में अब लोग आतंकवाद के मामले में सरकार पर दबाव बनायेंगे श्री मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाते हए कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किये तथा अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक करके विश्व में चौथा देश बनने का दर्जा हासिल किया प्रदेश में चुनाव प्रचार के कम में आज भी भाजपा तथा कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर के चौमू में और कल भरतपुर के नुमाइश मैदान में सभा को संबोधित करेंगे इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश में तीन स्थानों हिण्डौन सीकर और बीकानेर में च्नाव प्रचार करेंगे जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने आज अपने क्षेत्र में कई स्थानों पर जनसंपर्क किया

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बानसुर में जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कृष्णा प्रनिया के समर्थन में जनसभा की इस दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे श्री गहलोत आज जयपुर जिले के सांभर में भी चुनावी सभा करेंगे मतदाता जागरूकता के लिये निर्वाचन विभाग द्वारा चलाये जा रहे सतंरगी सप्ताह के तहत बीकानेर में आज दिव्यांगों की रैली निकाली गई इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल डी पंवार ने लोगों को संबोधित किया रैली के दौरान दिव्यांगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में लातूर में चुनावी भाषण में आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने कहा है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद आचार संहिता के प्रावधानों और मौजूदा परामर्श के अनुसार मामले की विस्तृत जांच की गई निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है उधर आयोग ने मध्य प्रदेश में शहडोल में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री पर कथित टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है

चिकित्सा औरं स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित सरकारी संस्थानों में प्रसव होने पर नवजात शिशु के परिजनों को संस्था परिसर में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा नवजात शिशु के परिजनों को लगाए गए पौधे के साथ शिशु के नाम की पट्टिका लगाने का अवसर भी दिया जायेगा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कमार सिंह ने बताया कि यह नवाचार न केवल पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है बल्कि इस पहल का भावनात्मक पहलू भी है उन्होंने कहा कि दो महीने बाद ही मॉनसून शुरू हो जायेगा ऐसे में इस नवाचार के तहत लगाए पौधों के पनपने की संभावना भी अधिक है श्री सिंह ने बताया कि पहले से ही राज्य के कुछ स्वास्थ्य केन्द्रों पर ये पहल की जा रही है लेकिन अब इस नवाचार को पूरे राज्य में अपनाए जाने के लिए इसे नव जीवन नव अंक्र योजना का नाम दिया गया है

जयपुर में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान करोड़ो रूपये का सट्टा लगाते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है आरोपियो में एक पटवारी भी शामिल है पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करोडो के सहे का हिसाब और सटटे में काम आने वाले उपकरण बरामद किये गये है